्र प्रदेश में स्वाईन फ्लू का प्रकोप जारी जोधपुर में स्वाईन फ्लू से एक रोगी की मृत्यु ्र प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगो को किया जायेगा शामिल

पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस समिति के अध्यक्ष होंगे वहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को मीडिया समिति का प्रभारी बनाया गया है वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे श्रीमती सुषमा स्वराज चुनाव साहित्य प्रकाशित करने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी

केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि वह जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाएगी श्री प्रसाद ने कहा कि फिलहाल दुर्घटना करने वाला दोषी घटनास्थल से भाग जाता है और डुपलीकेट लाइसेंस बनवाकर दंड र्स बच जाता है आधार से जुड जाने पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन वह अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे आंखों की पृतली और फिंगर प्रदिस संबंधी डेटा को बदल नहीं पाएगा

राज्य सरकार ने आईपीएस दिनेश एमएन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में आईजी के पद पर लगाया है वहीं बीजू जॉर्ज जोसफ को जोधपुर के पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है इसके अलावा सचिन मित्तल को जोधपुर रेंज का और संजीव कुमार नर्जरी को अजमेर रेंज का आईजी बनाया गया है

ये पुरस्कार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और बाल विकास और उससे संबंधित क्षेत्रो में उल्लेखनीय सेवाएं देने के लिए हर साल दिये जाते है

वहीं पुरस्कारों की संख्या को भी दोगुना कर दिया गया है

कल नई दिल्ली में एक समारोह में श्री राठौड ने युवाओं से रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबतों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंच से अपनी आवाज बुलंद करने का आहवान किया श्री राठौड ने कहा कि ट्विटर और फेसबुक पर फर्जी खबरें फैलाने वाले अपने से भिन्न राजनीतिक विचारधारा वालों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते है इस पर रोक लगानी चाहिए

इसके चलते कल जोधपुर में एक रोगी की इससे मौत हो गई

बाडमेर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि सीमा पर कोहरे के कारण विशेष उपकरणों के जरिये नजर रखी जा रही है

जिले के प्रभारी मंत्री कल झालावाड जिला मुख्यालय पर पहंचे और जिला अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर्ते हुए श्री मीणा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में सभी जगह बिना पक्षपात किये विकास के कार्य करेगी और झालावाड जिले में विकास में कोई कमी नही रखी जायेगी

शिक्षा राज्यमंत्री ने नागौर जिले के रिंगण गांव में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्रों की परीक्षाएं समय पर हो इसके प्रयास किए जाएंगे श्री डोटासरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए स्कूलों को फिर से शुरू करवाया जाएगा

यह चंद्रमा के एक ऐसे हिस्से में उतरेगा जो अब तक अनजाना है

श्री सिवान ने तमिलनाड् के तिरुचिरापल्ली में एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए कहा कि केंद्र सरकार ने अगले चार साल के दौरान चालीस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए दस हजार नौ सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं

टोंक और सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जुली कल सवाईमाधोपुर पहुंचे जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार मजदूरों और किसानों के हितों के लिये संवेदनशील है तथा उनके हितों के लिये कार्य करती रहेगी

इसमें रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीणों से आवेदन मांगे जायेंगे ताकि उन्हें मनरेगा में रोजगार दिलाया जा सके इस दौरान पुराने जॉब कार्ड का सत्यापन होगा और नये कार्ड भी बनाये जायेंगे

ये युवक रामलीला मैदान स्थित अपनी दुकान से गांजे की सप्लाई किया करता था

घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है

शिविर में न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह गुलिया ने कहा कि विधिक सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है